झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के चौथे दिन भी आज मुख्य विपक्षी दल भाजपा की ओर से विरोध प्रदर्शन जारी रहा सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले भाजपा विधायकों ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को सदन में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने सदस्यों से अपने अपने प्रश्न सदन में रखने की अपील की प्रश्नकाल शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने विरोध शुरू कर दिया विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदस्यों से शांत रहने की अपील की लेकिन भाजपा सदस्यों का विरोध जारी रहा और विधायक बेल में आ गये भाजपा सदस्यों के हंगामे के बीच आजसू विधायक लंबोदर महतो और भाजपा विधायक द्वल्लू द्वारा उठाये गये सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने समुचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया इस बीच भाजपा सदस्यों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा विधानसभा अध्यक्ष ने हंगामा को देखते हुये सदन की कार्यवाही दोपहर बारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी सदन की कार्यवाही दबारा शरू होने पर भी विपक्षी विधायकों का हंगामा जारी रहा हंगामे के बीच ही सत्तापक्ष के कुछ सदस्यों हारा शून्यकाल के माध्यम से अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाया गया इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों को शांत रहने और सभा की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील की लेकिन विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण विधानसभा अध्यक्ष ने समा की कार्यवाही को भोजनावकाश दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी भोजनावकाश के बाद विधानसभा में वार्षिक बजट पर चर्चा होगी मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी ने कहा कि नोवेल कोरोना वायरस को लेकर राज्य सतर्क है तथा कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं उन्होंने कहा है कि राज्य में कोरोना वायरस से पीड़ित अभी तक कोई भी व्यक्ति नहीं पाया गया है स्वास्थ्य विभाग की ओर से एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम तथा जिला सर्विलांस इकाई के द्वारा चीन से आए छह यात्रियों की प्रतिदिन सतत निगरानी की जा रही है उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों से विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों की व्यापक समीक्षा की है श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि विभिन्न मंत्रालय और राज्य सरकार भारत में आने वाले लोगों की जांच से लेकर तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने तक मिलकर काम कर रहे हैं उन्होंने आश्वासन दिया कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि एकजुट होकर काम करने और अपना बचाव सुनिश्चित करने के लिए छोटे लेकिन महत्वपूर्ण उपाय जरूरी हैं मंत्रिमंडल सचिव राजीव गाबा ने भी संबंधित मंत्रालयों के सचिव राज्यों के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिये समीक्षा बैठक की सरकार ने इटली ईरान दक्षिण कोरिया और जापान के नागरिकों को दिये गये सभी नियमित वीजा और ई वीजा तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिये हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए एहतियाती उपायों की एक सूची जारी की है इसके तहत लोगों को अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ख्याल रखने और बार बार साबन से हाथ धोने का परामर्श दिया गया है

अगर हाथ गंदे नहीं दिखें तो सेनेटाइजर का उपयोग किया जा सकता है

सरकार ने पैरासिटामॉल विटामिन बी एक और बी बारह सहित छबीस दवा उत्पाद और उनकी निर्माण सामग्री ए पी आई के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से जारी अधिसूचना में तत्काल प्रभाव से यह आदेश लागू कर दिया गया है कई देशों में कोरोना वायरस के फैलाव को ध्यान में रखकर यह फैसला किया गया है

इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार सिंह सहित कई नेता मौजूद रहे पदभार ग्रहण करने के बाद श्री प्रकाश ने कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाना उनकी प्राथमिकता है गढ़वा जिले के स्वीकृत पाइप लाइन जलापूर्ति योजना से लोगों को पीने का पानी और सिंचाई दोनों सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी

रांची के ओरमांझी स्थित बिरसा मुंडा चिड़ियाघर में आज एक युवक बाघ के बाड़े मे गिर गया बाघ ने युवक को बूरी तरह से जख्मी कर दिया

घटना के बाद चिड़ियाघर को सीले कर दिया गया है

बोकारो की प्रगति शंकर ग्रामीण महिलाओं और किशोरियों को सेनेटरी नैपकिन को लेकर जागरूक कर रही है